ऐसे में केवल सत्तापक्ष के विधायकों ने अपने अपने सवाल पूछे

उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई बढ़ने पर मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाती रही है और यह वृद्धि महंगाई में होने वाली बढ़ोतरी से अधिक है

इन प्रस्तावों पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति विचार कर रही है और समिति की रिपोर्ट पर सरकार शीघ्र फैसला लेगी गतिरोध समाप्त शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के आज छठे दिन पक्ष विपक्ष के बीच चल रहा गतिरोध ट्रट गया विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार के साथ कांग्रेस सदस्यों संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज माकपा सदस्य राकेश सिंघा की हुई बैठक के बाद कांग्रेस के पांच सदस्यों के निलंबन को समाप्त करने का रास्ता निकला अध्यक्ष के साथ बातचीत के बाद विपक्षी सदस्य फिर सदन में आए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने राज्यपाल के अभिभाषण की अवमानना के संदर्भ में निलंबित किए गए कांग्रेस के पांच सदस्यों नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री हर्षवर्धन चौहान सुंदर ठाकुर विनय कुमार और सतपाल रायजादा के निलंबन को निरस्त करने का प्रस्ताव सदन में पेश किया जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया इस दौरान सुरेश भारद्वाज ने कहा कि लोकतंत्र पक्ष विपक्ष दोनों पहियों पर चलता है और किसी भी कानून को बनाने में भी दोनों का होना आवश्यक है उन्होंने कहा कि सदन के नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्देश पर वे सदन में पांच विधायकों के निलंबन को निरस्त करने का प्रस्ताव रख रहे हैं

संकल्प राज्य सरकार प्रदेश में भांग की खेती को कानूनी दर्जा देने के लिए नीति बनाने पर विचार करेगी यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज प्रदेश विधानसभा में भाजपा सदस्य रमेश धवाला द्वारा प्राइवेट मेंबर डे के तहत भांग की खेती को वैध करने को नीति बनाने पर विचार करने के लिए लाए गए संकल्प के जवाब में कही मुख्यमंत्री ने कहा कि भांग की खेती हिमाचल में आय का बहुत बड़ा साधन बन सकती है बशर्ते इसके लिए उचित कानून बने

इसके तहत प्रदेश सरकार राज्य में भांग की खेती के लिए नियम बना सकती है

यह जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज विधानसभा में एक विशेष वक्तव्य के माध्यम से कही

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आज शाम सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा